प्रधानमंत्री कार्यालय ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उत्तर भारत के कई भागों में वायु प्रदूषण की स्थिति की समीक्षा की वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए तकनीक का सहारा लेगी राज्य सरकार गौतमबुद्व नगर मेरठ और हापुड़ में बढ़ते वायु प्रदूषण के मददेनजर कल तक सभी स्कूल बन्द प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ओ पी सिंह ने कहा है कि अयोध्या मामले में न्यायालय के सम्भावित निर्णय के परिप्रेक्ष में पुलिस है सतर्क प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज बैंकाक में चौदहवीं पूर्वी एशिया और क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी शिखर बैठक में हिस्सा लेंगे पूर्वी एशिया शिखर बैठक एशिया प्रशान्त क्षेत्र का एक व्यापक मंच है जहां प्रमुख नेता क्षेत्र के विभिन्न विकास पहलुओं पर विचार करते हैं ये मंच इस क्षेत्र में विश्वास निर्माण तन्त्र के रूप में भी काम कर रहा है बैठक में आर्थिक भागीदारी के भविष्य के दिशा की समीक्षा और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा दूसरी तरफ क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी एक मुक्त व्यापक समझौता है जिसके बारे में आसियान देशों और साझेदार देशों के बीच बातचीत चल रही है इसमें अन्य देशों के अलावा भारत और चीन भी हैं ये भागीदारी भारत के लिए उसकी पूर्वी देशों को महत्व देने की नीति और क्षेत्रीय सहयोग की दृष्टि से महत्वपूर्ण है सदस्य देशों के नेता शिखर बैठक में इस बारे में बातचीत की स्थिति की समीक्षा करेंगे श्री मोदी इस अवसर पर विशेष भोज में हिस्सा लेंगे जहां उनकी सरकार के कई कल्याणकारी कार्यक्रमों पर चर्चा की सम्भावना है वे थाईलैण्ड की तीन दिन यात्रा के अंतिम दिन आज जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आवे वियतनाम के प्रधानमंत्री निगेन जॉन फूक और आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ ट्विपक्षीय बैठक करेंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कारोबारियों को भारत में निर्वेश करने के लिए आमंत्रित किया है नवाचार और स्टार्ट अप पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि देश में कारोबारियों का खुले दिल से स्वागत किया जाएगा प्रधानमंत्री कल बैंकॉक में आदित्य बिरला समूह के पचास वर्ष पूरे होने पर समारोह में बोल रहे थे श्री मोदी ने कहा कि भारत ने कारोबार को सुगम बनाने संबंधी विश्व बैंक की अपनी रैंकिंग में सुधार किया है श्री मोदी ने कहा कि भारत दो हजार चौबीस तक पचास खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का सपना साकार करने की दिशा में काम कर रहा है प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति हिंद प्रशांत क्षेत्र में उसके दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है बैंकॉक में भारत आसियान शिखर बैठक के अधिवेशन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आसियान के साथ संपर्क भारत की कार्य नीति का महत्वपूर्ण अंग रहा है और आगे भी रहेगा मैं भारत और आसियान के बीच इंडियो पैसिफिक आउटलुक के आपसी समन्वय का स्वागत करता हूं भारत की एक्ट ईस्ट पालिसी हमारे इंडो पैसिफिक रिजन का एक महत्वपूर्ण भाग है आसियान हमारी एक्ट ईस्ट पालिसी का मर्म है और सदैव रहेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि समन्वित संगठित और आर्थिक रूप से विकासशील आसियान भारत के बुनियादी हित में है श्री मोदी ने कहा कि संपर्क का विस्तार और भारत आसियान का आर्थिक एकीकरण इस नीति की अहम प्राथमिकताओं में शामिल हैं हम और मजबूत सर्फेस मैरीटाइन और एयरक्नैक्टिविटी तथा डिजिटल लिंक के माध्यम से अपनी साझेदारी को और बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है फिजिकल एवं डिजिटल कनैक्टिविटी के लिए एक बिलियन डॉलर की भारतीय लाइन ऑफ क्रैडिट उपयोगी होगी हमारा इरादा अध्ययन अनुसंधान व्यापार और टूरिज्म के लिए लोगों के आवागमन को बहुत बढ़ाने का है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कृषि विज्ञान इंजीनियरिंग अनुसंधान व्यापार और पर्यटन के क्षेत्र में क्षमता निर्माण में भागीदारी के लिए तैयार है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आसियान शिखर बैठक के अवसर पर थाईलैंड के प्रधानमंत्री प्रयृत चान ओ चान और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विदोदो के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा की रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में बढ़ते संपर्क को देखते हुए दोनों पक्ष रक्षा उद्योग क्षेत्र में सहयोग के अवसर तलाशने पर सहमत हुए प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पी के मिश्र ने कल एक उच्च स्तरीय बैठक में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और देश के उत्तरी भागों में प्रदूषण के कारण उत्पन्न गंभीर स्थिति की समीक्षा की इस बैठक में दिल्ली पंजाब और हरियाणा सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शामिल हुए इस बैठक में यह फैसला लिया गया कि केंद्र सरकार में कैंबिनेट सचिव इन राज्यों के साथ मिलकर दैनिक आधार पर प्रदूषण की स्थिति की निगरानी करेंगे इन राज्यों के मुख्य सचिवों से कहा गया है कि वे सातों दिन चौबीस घंटे अपने राज्यों के विभिन्न जिलों में प्रदूषण की स्थिति पर नजर रखें

राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के तमाम शहरों में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है

राज्य सरकार ने पहले ही सभी मंडलायक्कों से प्रदृषण स्तर और कूड़ा जलाये जाने की दैनिक रिपोर्ट लेने के साथ ही कई कोयला आधारित उद्यांगों को बंद कर दिया है और किसानों से फसल के अवशेष नहीं जलाने की अपील की है शहरी क्षेत्रों में लगातार पानी का छिड़काव भी कराया जा रहा है

श्री राठौर ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि तकनीक के माध्यम से प्रदृषण को नियंत्रित करने का प्रयास किया जायेगा आगे आने वाले समय में टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम इस प्रदूषण को नियंत्रित करेंगे

इसके अतिरिक्त मेट्रो हमारी लखनऊ में चल रही है उसी प्रकार की योजन कानपुर आगरा और शहरों के लिए चल रही है

इस बीच बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए गौतमबुद्वनगर मेरठ और हापुड़ में कक्षा बारहवीं तक के सभी स्कूलों को कल तक बन्द करने का आदेश जिलाधिकारियों ने दिया है

पोर्ट लुई के अप्रवासी घाट पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान श्रीमती पटेल ने कहा कि अट्ठारह सौ चौतीस में अंग्रेजों द्वारा भारत के गिरिमिटिया मजदूरों को दो नवम्बर को यहां भेजा गया था जिन्होंने यहां मजदूरी करते हुए कठिन जीवन बिताया प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ओ पी सिंह ने कहा है कि पुलिस अयोध्या प्रकरण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के सम्भावित निर्णय के परिप्रेक्ष में सतर्क है और शांति कमेटी बनाकर इसकी समीक्षा की जा रही है हरदोई जिले का आकस्मिक निरीक्षण कर कानून व्यवस्था की समीक्षा करने के बाद कल श्री सिंह संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि पुलिस बल को निर्देशित किया गया है कि वह जनता से सम्पर्क बनाए रखे और किसी को भी कानून अपने हाथ में न लेने दे अवांछनीय तत्वो के विरूद्व नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कार्रवाई कर के असामाजिक तत्वों को निरूद्व करने का भी पुलिस को निर्देश दिया गया है पुलिस महानिदेशक ने कहा कि प्रदेश में जल्दी ही बावन हजार पुलिसकर्मियों की भर्ती की जायेगी उन्होंने बताया कि प्रदेश में पुलिस के लिए सी जी एच एस योजना भी लागू होगी ताकि बीमार होने पर पुलिसकर्मी कम पैसों में बेहतर इलाज करा सकें पुलिस महानिदेशक ने कहा कि प्रदेश में विगत दो वर्षो में सत्तर हजार धार्मिक जुलूस निकाले गये मगर कोई माहौल खराब नहीं हुआ